मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं मुख्यमंत्री इस बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली से आज शिमला लौटेंगे सूत्रों के अनुसार बैठक में विभिन्न विमागों में रिक्त पदों को भरने का फैसला लिया जा सकता है

वीरेंद्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कल कांगड़ा जिले के देहरा में जनसमस्याएं सुनी और अधिकारियों के साथ एक बैठक की इससे पहले एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा है कि सरकार समाज के कमजोर व उपेक्षित वर्गो के लिए कल्याण के लिए समर्पित है उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास और लोगों के जीवन में सुधार लाने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं इसी कड़ी में युवाओं को स्वरोजगार के लिए युवा आजीविका योजना की शुरुआत की गई है

बिलासपुर की जिला उद्योग केंद्र की प्रबंधक प्रोमिला शर्मा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि योजना का कार्यन्वयन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है कार्यशाला मुख्यमंत्री स्वाबलंबन योजना के प्रति लोगों को जागरूक करने के उदेश्य से कुल्लु जिले के बंजार में उद्योग विमाग द्वारा एक कार्यशाला लगाई गई इसकी अध्यक्षता करते हुए उद्योग केंद्र कुल्लू के महाप्रबंधक पवन भारद्वाज ने बताया कि योजना के तहत स्थानीय उद्यम को बढ़ावा देने और युवाओं को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज आसमान पर बादल छाए हुए हैं घर्मशाला से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार जिले में बीती रात से बारिश हो रही है चंबा मंडी और कुल्लू जिलों में भी कल रात बारिश हुई

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने एंबुलेंस कर्मियों की हड़ताल को लेकर प्रदेश हाईकोर्ट के निर्णय से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है एंबुलेंस कर्मियों की हड़ताल पर हाईकोर्ट की रोक

दैनिक जागरण का कहना है हड़ताल पर हाईकोर्ट की रोक एंबुलेंस कर्मियों को तुरंत डयूटी पर आने का आदेश दिव्य हिमाचल ने हाईकोर्ट के हवाले से लिखा है हड़ताल छोड़े एंबुलेंस कर्मी वरना होगी कड़ी कार्रवाई

कसौली मामले पर दैनिक भास्कर लिखता है सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी वकील को फटकारते हुए कहा आप चम्मच नहीं हैं जबकि आपका फैसला के शब्द है सुप्रीम कोर्ट की सरकार को फटकार सर्वोच्च न्यायालय ने दो माह के भीतर दोबारा से मांगी स्टेटस रिपोर्ट हिमाचल दस्तक ने खबर दी है बीपीएल के लिए अब सादा हल्फनामा स्टांप पेपर पर तहसीलदार के एफिडेविट की जरूरत नहीं घुसपैठ रोकने आपात स्थिति में सेवाएं देने वाले पूर्व सैनिकों को मिलेगा वरिष्ठता लाभ अमर उजाला की एक खबर है राज्यपाल को अब नहीं कहा जाएगा महामहिम शीर्षक से खबर को पंजाब केसरी ने प्रमुखता दी है जबकि दिव्य हिमाचल लिखता है ब्रिटिशकाल से चली आ रही परंपरा को समाप्त करने की अधिसूचना जारी इसी समाचार पत्र के अनुसार एशियन गेम्स में हिमाचल की तीन बेटियां एक सोलन और दो बिलासपुर से किसानों को अंग्रेजी आती तो वे आपकी जगह होते शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है किसानों के लिए अंग्रेजी में छपी किताब देख खफा हुए आचार्य देवव्रत जबकि दैनिक भास्कर ने लिखा है अंग्रेजी में डॉक्यूमेंट बनाने पर गवर्नर ने ली अफसरों की क्लास अजीत समाचार के मुताबिक कृषि पर अंग्रेजी में किताब पर राज्यपाल ने अधिकारियों को लगाई फटकार मौसम पर अमर उजाला की सुर्खी है लाहौल में बादल फटा किन्नर कैलाश यात्रा रूकी साधु की मौत एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय महिलाओं की चिंता में प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को रोकने के लिए जल्द कठोर कदम उठाने पर बल दिया है